प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दोपहर बाद लखनऊ स्थित लोकभवन प्रांगण में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे

इस अवसर पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर चिकित्सा विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे और लोगों को सम्बोधित करेंगे

प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए यहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं बाहरी जनपदों से भी पुलिस और सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है

बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून मनरेगा के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरा को भुगतान में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जायेगा श्री शर्मा ने बताया कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के भुगतान में देरी होने पर अधिकारियों पर दशमलव शून्य पांच प्रतिशत प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जायेगा

जुर्माना की राशि अधिकारियों के वेतन से काट ली जायेगी मंत्रिपरिषद ने आगरा और शाहजहांपुर नगर निगमों की सीमा विस्तार करने के साथ ही हाथरस महराजगंज अम्बेडकर के जलालपुर संतकबीरनगर के मेदावल और महराजगंज के आनंदनगर नगर पालिकाओं की सीमा विस्तार को भी मंजूदी दे दी इसके अलावा सुल्तानपुर में लम्बुआ कानपुर देहात में राजपुर अलीगढ़ में मढराक कुशीनगर में तमकुहीराज आजमगढ़ में जहानगंज जौनपुर में गौरा बाजार महराजगंज में पनियारा और पर्थवाल तथा लखनऊ में मोहनलालगंज नई नगर पंचायतों के सजन को भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी

बूंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में पेयजल योजना का विस्तार किया गया इसके जरिये इस क्षेत्र में पाईप लाईन से पेयजल आपूर्ति की जायेगी

लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने कहा कि गिरफ्तार किये गये तीनों लोग पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के सदस्य हैं हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इन्हें लखनऊ और राज्य के अन्य जिलों में हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है

पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों की तस्वीरें भी जारी की हैं और आम लोगों से उनकी सूचना देने को कहा है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ इस बीच राज्य में स्थिति सामान्य है और किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को परतापुर के निकट रोक दिया गया है जो आज मेरठ जाने का प्रयास कर रहे थे उनका विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गये लोगों के परिवारों से मिलने का कार्यक्रम था नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर प्रदेश भर में विरोध कार्यक्रमों के बीच अयोध्या में अधिवक्ता संघ ने आज कचेहरी परिसर में सीएए और एनआरसी के समर्थन में शांति मार्च निकाला अधिवक्ताओं का कहना है कि सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के द्वारा बहुत ही सराहनीय और प्रभावशाली कार्य किया है वक्ताओं का कहना है कि भारत लोकतांत्रिक देश है जहां सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है लेकिन तरीका किसी भी दशा में हिंसात्मक नहीं होना चाहिए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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसानों को आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए जड़ी बुटियों की खेती के माध्यम से बड़े पैमाने पर लाभान्वित किया जा सकता है

उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद योग नेचरोपैथी और पंचकर्म जैसे विभागों को शामिल किया जाये उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अपने आय श्रोतों की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये जिससे इसके संचालन में कोई आर्थिक अड़चन न आये मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्वति अत्यंत पभावी होती है और आयुष क क्षेत्र में अपार संभावनाएं प्रदेश में मौजूद हैं प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कल किसमस के अवसर पर प्रदेशवासियों को विशेषकर ईसाई समुदाय को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है अपने बधाई सन्देश में राज्यपाल ने कहा कि प्रभु ईशु का असहाय और पीड़ित लोगों को प्रेम और करूणा का दिया गया सन्देश आज भी प्रासांगिक है उन्होंने कहा कि ईशु के सन्देश पर चल कर सभ्य समाज का निर्माण किया जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को अपने बधाई सन्देश में कहा है कि यह पर्व जरूरतमंदों की मदद करने तथा मिलजुल कर खुशियां बांटने का सन्देश देता है प्रदेश में पिछले दिनों नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान होमगार्ड्स के जवानों ने भी बहादुरी का परिचय दिया प्रदेश के होमगार्ड्स मंत्री चेतन चौहान ने आकाशवाणी समाचार लखनऊ के साथ खास बातचीत में कहा कि अमरोहा के जिलाधिकारी ने होमगार्ड्स के साहस की तारीफ करते हुए उन्हें पत्र लिखा है

और जो जानकारी दी गयी की होमगार्डो ने मोर्चा संभाला उग्र भीड़ और ईंट पत्थर के बावजूद ये डटे रहे मौके पे और पूलिस प्रशाशन जिलाधिकारी पूलिस अधीक्षक उनके साथ डटे रहे और स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए इनका बहुत सहयोग रहा प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं के कारण तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया है कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात पर प्रभाव पड़ा है सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है राज्य में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से एक से चार डिग्री नीचे दर्ज किया गया वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से तीन से पांच डिग्री नीचे दर्ज किया गया मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटे में राज्य के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने तथा सामान्य से घना कोहरा होने की संभावना जतायी है राज्य में विभिन्न जनपदों में जिला प्रशासन ने अलाव जलाने की व्यवस्था की है बलरामपूर जनपद में घने कोहरे के कारण सूरज न निकलने से गलन बढ़ गयी है जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की है लखीमपर खीरी में जिलाधिकारी के निर्देश पर कम्बलों का वितरण किया जा रहा है आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है इसका उद्देश्य उपभोक्ता आदोलन के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करना है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

राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक अब अधिनियम बन चुका है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए की स्थापना करता है

सीसीपीए अनुचित व्यापार तरीकों से उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों को रोकने के लिए काम करेगा केन्द्र सरकार ने वाहनों की सुरक्षा के लिए मोटर वाहन और उनके कलप्र्जो पर माइक्रोडॉट्स पहचान चिन्ह लगाने के नियमों की घोषणा कर दी है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि माइक्रोडॉट्स से वाहनों की सुरक्षा बढ़ेगी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 दिखाई न देने वाल माइक्रोडॉट्स अब वाहनों और उनके पुर्जों पर लगाए जायेंगे जिससे चोरी रोकने के साथ ही नकली कलपुर्जों की पहचान हो सकेगी